संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक गरीबी उन्मूलन ग्रणवत्तापूर्ण शिक्षा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई और समावेशों के लिए बहुपक्षीय प्रयास तेज करने पर आधारित होगी प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में बहुपक्षीय एकजुटता को और अधिक प्रभावकारी तथा समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्वता दोहराई उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से वे सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की सफलता सामने रखेंगे प्रधानमंत्री कल ह्यूस्टन में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के साथ भारतीय समुदाय को हाउडी मोदी कार्यक्रम में सम्बोधित करेंगे श्री मोदी ने कहा कि भारतवंशियों के कार्यक्रम में अमेरीकी राष्ट्रपति की उपस्थिति भारत की व्यापक पहुंच के प्रमाण में ऐतिहासिक साबित होगी व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सहित विभिन्न उपायों से जरुरतमंदों को स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने में भारत की उपलब्धियां साझा करेंगे

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कृशल नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक से अलग अन्य देशों के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र संस्था प्रमुखों से भी मिलेंगे

भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने कहा कि कर राहत से मौजूदा मंदी से निपटने और आर्थिक वृद्धि में मजबूती लाने में मदद मिलेगी एसोचैम ने कहा कि इससे न सिर्फ घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगे

पॉलिश किए गए अर्धमूल्यवान रत्नों पर भी कर दरे कम की गई हैं परिषद् ने कुछ अन्य मदों पर कर दरे बढ़ाने की भी सिफारिश की है वस्तु और सेवा कर के तहत करदाताओं के पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी फैसला किया गया है

इस दौरान उन्होने स्थानीय प्रशासन से बाढ़ राहत कार्यो की जानकारी भी ली इसके बाद राज्यपाल ने कोटा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बाढ राहत कार्यो में मदद के लिये धनराशि की कमी नहीं आने दी जायेगी

कार्यक्रम की यह सत्तावन वीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

संगोष्ठी में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश दीपक गुप्ता समेत किशोर न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि भोग ले रहे हैं

नामांकन की आखिरी तारीख चार अक्टूबर है जबकि सात अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इसके साथ ही दोनो राज्यों में आदर्श आचार सहिता आज से ही लागू हो गई है राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलेभर के राजकीय स्कूलों में ये शिविर इस माह आयोजित किये जायेंगे

ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी

यह सोना एक हथोड़े के हत्थे में दुबई से छिपाकर लाया गया था पुलिस ने सोना जब्त कर जांच शुरू कर दी है